इन सभी के सैम्पल नेगेटिव आये है

जैसलमेर जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि इनके लिए जैसलमेर के सैन्य क्षेत्र में खास तौर पर एक आईसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है

भारतीय सेना ने देशभर के सात शहरों में कोरोना वायरस जांच के लिए अलग से केंद्र तैयार किए हैं

ये केंद्र जोधपुर जैसलमेर झांसी गोरखपुर कोलकाता चेन्नई और देवलाली में बनाए गए हैं

राजस्थान की तीन सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए आज प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे है

गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ प्रदेश के पांच आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लोकसभा में तलब किया गया है